इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दिनोदिन बढ़ रही है

हज कोविड केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले इसके लिए व्यापक स्तर पर जन जाग़ति के कार्य किए जायें इंदौर कोविड सेंटर ग़ह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज प्लिस लाइन इंदौर में प्लिस कोविड सेंटर का उद्घाटन किया इस अवसर पर ग्रहमंत्री ने प्लिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जाना स्निश्चित करें इससे जवानों और उनके परिजनों को संक्रमण के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी

हन्मान जयंती आज हन्मान जयंती है प्रदेश भर में इस अवसर पर कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घरों में ही आयोजन हो रहे हैं सतना जिले में आज हनुमान जयंती विशेष पूजन अर्चना अमन शांति के साथ मनाई जा रही है मंदिर में श्रद्वाल्ओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है आगर मालवा में हन्मान जयंती पर स्बह छह बजे आरती हई होशंगाबाद जिले में कोई सार्वजनिक आयोजन नही हो रहा है आईपीएल आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में ही शाम साढे सात बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर से होगा

वे धाकड़ समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह च्के थे वहीं पूर्व भाजपा सांसद रामेश्वर पाटीदार का भी आज हार्ट अटैक से निधन हो गया है